इस दौरान उन्होंने शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने तय कर दिया है कि जितनी पैदावार किसान के यहां होगी उतनी खरीद होगी लेकिन बाहर से आकर कोई बेचेगा तो उसकी फसल राजसात होगी और जेल भेजे जाएंगे उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांवों में सर्वे कर मालिकाना हक दिया जाएगा आपकी जमीन का हक आपको मिलेगा जिससे आप जरूरत पडऩे पर उसका उपयोग कर सकें लोन ले सकें

अब जरूरत पडऩे पर घर बैठे जमीन को गिरवी रख कर बैंक से लोन लिया जा सकेगा और चक्कर काटने के झंझट से म्क्ति मिलेगी

गौरतलब है कि सरकार और किसान नेताओं के बीच तीसरे दौर की बातचीत कल बेनतीजा रही थी कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कृषि का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथिमकता है उन्होंने किसानों से आंदोलन का रास्ता छोडने की भी अपील की

उन्होंने गैस त्रासदी में अपने प्राण खोने वाले सभी भाई बहनों को श्रद्धांजलि अर्पित की इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि गैस पीड़िताओं की पेंशन दोबारा शुरू की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल गैस पीड़ित कल्याणी बहनों को एक हजार रुपए पेंशन फिर से शुरू की जाएगी और ये ये आजीवन दी जाएगी

मुख्यमंत्री ने राजधानी भोपाल में गैस त्रासदी का एक स्मारक बनाने की घोषणा भी की

इस वर्ष का विषय है सुशासन इस व्याख्यान में देश की राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाता है इसमें देश की भावी योजनाओं का भी विश्लेषण होता है स्मारक व्याख्यान का प्रसारण आकाशवाणी के सभी स्टेशनों से आज रात साढ़े नौ बजे किया जाएगा जिसे दूरदर्शन पर भी रात दस बजे प्रसारित किया जाएगा

राज्यसभा सांसद ज्योतिराज्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात और उसके बाद म्ख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा ने इस बात को और हवा दी है

हालांकि आधिकारिक तौर पर इस तरह की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है वही मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को सिरे से नकार दिया है

जब होगा तो सभी को पता चल जाएगा

उन्होंने लोगों से दो गज की स्रक्षित दूरी बनाने और मास्क लगाने की अपील की है

आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उपनिदेशक सतोषी सासाकी ने कहा कि यह दिवस दिव्यांग जनों की कठिनाईयों को दूर करने के विश्व समुदाय के दृढ़ संकल्प का दिन है मंदसौर विकलांग पुनर्वास केंद्र पर दिव्यांगों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया नवीन एवं नवकरणीय मंत्री हरदीप सिंह डंग ने सभी दिव्यांगजनों को प्रतीकात्मक रूप से उपकरण वितरित किए

इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है इससे किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकेंगे यहां तक की व्यापारियों को मंडियों के बाहर भी खरीद की अनुमति होगी

एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अग्वाई में एनडीए सरकार ने यह स्निश्चित किया है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले श्री जावडेकर ने कहा कि हर वर्ष कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर्याप्त रूप से बढाया जा रहा है